राष्ट्रीय प्रेस दिवस आज प्रेस परिषद के अध्यक्ष ने कहा अखबार छोटा या बडा नहीं है जो भी गलत रिपोर्टिंग करेगा उसके विरूद्व कार्रवाई होना तय

दल में मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा शामिल है ये लोग उदयपुर में उदयपुर जोधपुर और कोटा संभोग के अधिकारियों से चुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत कर रहे है बैठक में संभागों में शमिल जिलो के निर्वाचन अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक जिला परिषद सीईओ नगर निगम आयुक्त सहित अन्य उच्चाधिकारी मौजूद है

पार्टी की वरिष्ठ नेता गिरिजा व्यास उदयपुर से डॉ सी पी जोशी नाथद्वारा और रामेश्वर डूडी नोखा से चुनाव लड़ेंगे दो पूर्व छात्रसंघ अध्यक्षों को भी सूची में जगह मिली है परबतसर से रामनिवास गवाडिया शाहपुरा से मनीष यादव को टिकिट मिला है पैराशूट नेता भी टिकिट पाने में कामयाब हुए है इनमें हरीश मीणा हबीब्रहमान और कन्हैयालाल झंवर को टिकिट मिला है वहीं जमीदारां पार्टी से कांग्रेस में आई विधायक सोना देवी भी टिकिट हासिल करने में कामयाब हुई है

लगातार दो बार चुनाव हारने वाले नेताओं को पहली सूची में जगह नहीं मिली है वहीं पूर्व मंत्री और प्रदेशाध्यक्ष रहे बी डी कल्ला पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ चन्द्रभान पूर्व मंत्री सी एस बैद और संयम लोढ़ा के टिकिट पार्टी ने काट दिये है

इससे पहले कोर कमेटी की कल जयपुर में बैठक हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर प्रदेषाध्यक्ष मदन लाल सैनी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया

बीकानेर में सातों विधानसभा सीटों पर दोनो दलों की ओर से उम्मीदवारों की स्थिति साफ हो गई है

केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय से जारी अधिसूचना में बताया गया कि स्थानीय निकायों को यह भी अधिकार दिया गया है कि औद्योगिक शेड शिक्षा संस्थानों अस्पतालों और हॉस्टलों में पर्यावरण नियमों का पालन सुनिश्चित कराएं अधिसूचना के अनुसार नगर निगम विकास प्राधिकरण और जिला पंचायत जैसे स्थानीय निकाय भवन निर्माण या अन्य किसी संबंधित गतिविधि की अनुमति देने से पहले पर्यावरण संबंधी शर्ते निर्धारित करेंगे इन शर्तों में जल निकासी और संरक्षण वर्षा जल संचय जल पुनर्प्रयोग कचरा प्रबंधन और हरित क्षेत्र जैसे विषयों से जुड़े नियम शामिल हैं

भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई के अध्यक्ष न्यायमूर्ति चंद्रमौलि क्मार प्रसाद ने है कि परिषद की नजर में कोई भी अखबार छोटा या बड़ा नहीं है तथा जो भी गलत रिपोर्टिंग करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होना तय है राष्ट्रीय प्रेस दिवस की पूर्वसंध्या पर नई दिल्ली में परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा कि एक वक्त था जब प्रेस परिषद देश के सिर्फ बड़े अखबारों के समाचारों के तथ्यात्मक मूल्यांकन के बाद उनके विरुद्व समुचित कार्रवाई करता थी पर अब ऐसा नहीं है फेक न्यूज यानी फर्जी खबरों के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसे समाचार निश्चित रूप से चिंता का विषय है फर्जी खबरों के बारे में नियमित बैठकें और विचार विमर्श किया जा रहा है

हमारे संवाददाता ने बताया कि ये लोग नये नियमों और पर्यटकों की बुकिंग में कथित अव्यवस्थाओं का विरोध कर रहे है